वर्षा व हिमपात से कुल्लू और लाहौल स्पिति ज़िलों में करोड़ों रूपये के नुकसान का अनुमान प्रदेश कांग्रेस ने बस किराए में की गई वृद्धि को जनविरोधी बताया पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती अंत्योदय दिवस के रूप में मनाई गई मुख्यमंत्री प्रदेश में आज तीन दिन बाद मौसम साफ हुआ है और भारी हिमपात के कारण लाहौल स्पिति जिले में विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को सेना के हैलीकाप्टर के माध्यम से घाटी से बाहर निकाला जा रहा है मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कुल्लू ज़िले का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए वीओ प्रदेश के कुल्लू चम्बा और लाहौल स्पिति में भारी बरसात से तीन दिन में करोड़ों रूपये के नुकसान का अनुमान है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया उन्होंने बताया कि केन्द्र ने बर्फबारी वाले क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के दो हैलीकॉप्टर भेजे हैं

लाहौल घाटी के कोकसर से रोहतांग टनल के नॉर्थ पोर्टल के बीच फंसे लोगों को निर्माणाधीन सुरंग से बाहर लाया जा रहा है संजीव सुद्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला रामलाल इस बीच कृषि व जनजातीय विकास मंत्री राम लाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पिति ज़िले के बारालाचा जिंगजिंगबार और पटसेओ इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया स्टींगरी हैलीपैड पहुंचने पर उन्होंने बताया कि बर्फबारी की वजह से घाटी के विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों को निकालने के प्रयास जारी है और बीआरओ ने पटसेओ स्टींगरी व सिस्सू की ओर से सड़क खोलने का कार्य शुरू कर दिया है आकाशवाणी से बातचीत में राम लाल मारकंडा ने बताया कि लाहौल स्पिति में बेमौसमी बर्फबारी से किसानों की सेब व आलू की फसल सहित करोड़ों रूपये का नुकसान हुआ है उन्होंने बताया कि घाटी में बंद पड़ी सड़क व संचार व्यवस्था को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है राम लाल मारकंडा ने कहा कि कल वे केलंग में पंचायत जन प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करेंगे उन्होंने स्थानीय लोगों से भी श्रमदान कर सहयोग का आहवान किया है वहीं कोकसर में मंडी ज़िले के जोगिन्द्रनगर के बुद्धि सिंह नामक एक व्यक्ति और एक बीआरओ के जवान की मौत का भी समाचार है गोविन्द सिंह कुल्लू ज़िले में पिछले तीन दिन हुई भारी वर्षा से करोड़ों रूपये की सम्पति का नुकसान हुआ है वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण के आकलन के मुताबिक ज़िले में एक सौ करोड़ से अधिक की सम्पति के नुकसान का अनुमान है जबकि इसके बढ़ने की संमावनएं हैं उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं और सरकारी व निजी भूमि में भारी मूस्खलन हुआ है गोविन्द ठाकुर ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को पेयजल विद्युत सहित सड़कों व पुलों को बहाल करने के निर्देश दे दिए गए हैं

स्वयंसेवी संस्था सेवा के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने सरकार से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने का आग्रह किया है पांगी किसान सभा के अध्यक्ष ओदार नाथ ने भी प्रभावित किसानों को सहायता राशि प्रदान करने की सरकार से मांग की है

प्रतिनिधिमंडल में मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा भाजपा महासचिव चंद्र मोहन ठाकुर और प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा शामिल रहे

वीरमद्र पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस विधायक वीरमद्र सिंह ने प्रदेश में भारी वर्षा व हिमपात से हुए नुकसान पर दुख जताते हुए सरकार से राहत व पूर्नवास कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया है एक बयान में उन्होंने कहा कि किसानों व बागवानों को हुए नुकसान का जायजा लेकर उन्हें इसकी भरपाई की जानी चाहिए वीरमद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा बस किराए में की गई वृद्धि का लोगों के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा उन्होंने बढ़ती मंहगाई को देखते हुए सरकार से इस फैसले को तुरंत वापिस लेने की मांग की है इस बीच विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बस किराया बढ़ाए जाने को विवेकहीन फैसला बताते हुए कहा है कि इससे जनता पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह ने कहा है कि बस किराए में की गई वृद्धि तर्कसंगत नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौहान ने भी बस किराए बढ़ाने जाने को जनविरोधी बताया है सहजल महिला व बाल विकास और अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्प संख्यक विभाग के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में आज शिमला में एक समीक्षा बैठक हुई इसकी अध्यक्षता करते हुए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने अधिकारियों को प्रदेश व केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यकमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

सहजल ने कहा कि अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक व विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उनके सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं

वीरेन्द्र कंवर प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला और साहित्य परिषद द्वारा आज शिमला स्थित राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्य स्मृति में कविता गोष्ठी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर कार्यकम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे इस मौके उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि वे अद्वितीय व्यक्तित्व के स्वामी थे और पूरे विश्वभ ार में उनकी ख्याति रही है वीरेन्द्र कवर ने कहा कि अटल जी ने जीवन में कड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए देश सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेताओं को भी पुरस्कृत किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन निर्वाचन क्षेत्र को विकास का मॉडल बनाना उनका सपना है ताकि क्षेत्र में लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं घर द्वार पर उपलब्ध हो नाहन में आज जनसमस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि बर्मा पापड़ी और शंमूवाला में दो नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे

अंत्योदय दिवस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आज देश भर में अन्त्योदय दिवस मनाया जा रहा है

अन्त्योदय दिवस के दौरान प्रत्येक स्वच्छाग्रही से स्वच्छाग्रहियों का दल बनाने को कहा जाएगा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक दल अपने गांव में खुले में शौच से मुक्ति की दिशा में काम करेंगे इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पूरा जीवन सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण का अनुपम उदाहरण है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार अंत्योदय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नई सोच पैदा की है अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री के स्वच्छता ही सेवा अभियान को ढ़ावा देना रहा और इसमें अनेक पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कुफरी में इस अभियान के समापन कार्यकम की अध्यक्षता की इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता को लेकर मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ कर सुनाया कार्यक्रम में चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा और प्रदेश भाजपा उपध्यक्ष रूपा शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया दुर्घटना शिमला ज़िले में चौपाल उपमंडल के नेरवा में आज दोपहर एक मकान पर बड़ी चट्टान गिरने से तीन युवकों की मौत हो गई जबकि चार अन्य गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं समाचार ऐजैंसी हिन्दुस्थान समाचार के अनुसार गंभीर रूप से घायल दो व्यक्तियों को आई जीएमसी शिमला रैफर किया गया है